अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी

कांग्रेस उम्मीदवार कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पाचवीं सूची जारी कर दी है कांग्रेस चुनाव समिति की कल देर रात नईदिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पूत्र अभिजीत को पश्चिम बंगाल की जांगीपुर सीट से अपना उम्मीादवार बनाया है बहरामपुर से अधीररंजन चौधरी तथा रायगंज से दीपा दासमुंशी चुनाव लड़ेंगे वही आज नईदिल्ली में एक बार फिर भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जायेगी उम्मीद् जताई जा रही है कि देर शाम तक भाजपा अपने उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी कर सकती है राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा सेवा आईएएएस अधिकारी विधायिका के कार्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि इसमें सीएजी की रिपोर्टे भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं श्री कोविंद कल राष्ट्रपति भवन में आईएएएस और केन्द्रीय सड़क इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे यह बात हमेशा याद रखें कि लेखा परीक्षण का उद्देश्य शासन की नीतियों में सुधार लाना होना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि केन्द्रीय सड़क इंजीनियरिंग सेवाओं का सड़क और राजमार्ग विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है जीएसटी वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में होगी

इस बैठक में रिएल स्टेट क्षेत्र में जीएसटी की घटी दरों को लागू करने सहित कई मुद्दों पर वार्ता होगी बताया जा रहा है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण दरें तय करने से संबंधित कोई मुद्दा कार्य सूची में शामिल नहीं है गोवा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रमोद सावंत को कल देर रात गोवा के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई उन्होंने मनोहर पर्रिकर का स्थान लिया जिनका लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था

भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलिकर और मनोहर अजगांवकर तथा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई विनोद पालेकर और जयेश सलगांवकर मंत्री बनाए गये हैं

इस दौरान श्री अग्रवाल ने चुनाव प्रकिया और मतदान के महत्व साथ ही ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी पर प्रकाश डाला उन्होंने नये मतदाताओं से अधिक से अधिक वोट देकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी इस अवसर पर उन्होंने लोगों द्वारा पूछे गये निर्वोचन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों का जवाब भी दिया श्री अग्रवाल ने लाईव डेमों से सीविजिल ऐप इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया इसके जरिए मतदाता फोटो और वीड़ियों अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते है एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि वोटर आईकार्ड गुम होने पर डुप्लीकेट वोटर आईकार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकता है नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मतदाताओं ने भी कल शाम पांच बजे से फेसबुल लाईव के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना से लोकसभा निर्वाचन से संबंधित प्रश्न प्रछे

मुरैना में शतप्रतिशत मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल नगरपरिषद बानमोर में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया इस दौरान डमी वोट डालकर भी दिखाये गये बैतूल में जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैराकी में विक्रम पुरस्कार विजेता रामबरन सिंह और तैराकी में ही राष्ट्रीय पैरालिंपिक में तीन बार स्वर्ण पदक जीतने वाले शिवम ठाकुर को डिस्ट्रिक्ट दिव्यांग आईकॉन मनोनित किये हैं

इस मौके पर स्वर्गीय ढ़िल्लन के शिवपुरी स्थित समाधि स्थल हातोद पर आजाद हिंद पार्क स्थित उनकी समाधि पर गांववाले इकट्ठा हुए और समाथि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की आबूधापी ओलंपिक्स आब्धाबी में चल रहे विशेष ओलंपिक्स में भारतीय टीम का पदक हासिल करने का सिलसिला जारी है रूपेश कल्लू बनपगोल ने पुरुषों की डिविजनिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता रूपेन्दर जूडो प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे महिलाओं की श्रेणी में संतोषी विजय कौथंकर ने चार रजत पदक हासिल किए तैराकी में भी भारत को कांस्य पदक मिला मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घण्टों के दौरान जबलपुर शहडोल और सागर संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई जबकि शेष जगहों का मौसम सामान्य रहा मैहर में तीन परसवाड़ा रीवा अनुपपुर बालाघाट सिंगरौली मण्डला लखनादौन अमरकंटक में एक से दो सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और शहडोल संभाग में गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार जताये हैं

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सांसद मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं